वे राजस्थान के कोटा से दूसरी बार सांसद चुने गए हैं उन्होंने आज लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र भरा संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह अमित शाह और नितिन गडकरी ने ओम बिड़ला के नाम का प्रस्ताव रखा बीजू जनता दल शिवसेना अकाली दल लोक जनशक्ति पार्टी वाई एस आर कांग्रेस जनता दल यूनाइटेड और एआईए डीएमके ने प्रस्ताव का समर्थन किया प्रहलाद जोशी ने बताया कि कांग्रेस ने प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया लेकिन वह ओम बिड़ला की उम्मीदवारी का विरोध भी नहीं करेगी

राजस्थान सिक्किम पंजाब तमिलनाडु तेलंगाना और अन्य राज्यों के सांसदों ने शपथ ली

सदस्यों ने अंग्रेजी हिन्दी और तमिल तेलुग पंजाबी नेपाली और उड़िया सहित स्थानीय भाषाओं में भी शपथ ली अस्थाई अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार ने इन सदस्यों को शपथ दिलाई

पार्टी अध्यक्ष राहल गांधी और पार्टी संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने अन्य नेताओं के साथ चर्चा के बाद श्री चौधरी को सदन में पार्टी का नेता बनाने का फैसला किया गया पार्टी ने इस संबंध में लोकसभा सचिवालय को पत्र लिखकर सूचित कर दिया है

आज जयपुर में अपने विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में श्री आंजना ने खाद की आपूर्ति के लिए बफर स्टॉक रखने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि फसली ऋण के लिए ऑनलाईन पंजीयन की सुविधा जारी है तथा ऑनलाईन पंजीयन करवाने वाले किसानों को श्रीघ ही फसली ऋण वितरित किया जावेगा

श्रीमती राजे ने आज अलवर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ना लोगों को पानी मिल रहा है ना बिजली मिल रही है उन्होंने कहा कि आमजन परेशान हो रहा है और सरकार को यह सब देखना चाहिए कोटा बूंदी सांसद ओम बिडला को लोकसभा अध्यक्ष का उम्मीदवार बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह राज्य के लिये गौरव की बात है

अन्तराष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय समारोह अजमेर के पटेल मैदान पर होगा जिला कलक्टर ने इसकी तैयारियों के लि सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को विशेष निर्देश दिये है योग दिवस के सिलसिले में बीकानेर में योग शिविर आयोजित किया जा रहा है

हनुमानगढ में भी योग दिवस मनाने के लिए तैयारियां जोरो से शुरू हो गई हैं यहां मुख्य कार्यक्रम टाउन के राजकीय एनएम पीजी कॉलेज में होगा

आकाषवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांष जयपुर की ओर से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में विशेष परिचर्चा प्रसारित की जा रही है

प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम के जरिये मन की बात के लिए सुझाव और विचार मांगे हैं श्रोता नमो ऐप ओपन फोरम और माई जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से भी प्रधानमंत्री से विचार साझा कर सकते हैं

न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि डॉक्टरों ने पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में अपनी हड़ताल वापस ले ली है ऐसे में याचिका पर सुनवाई की तत्काल आवश्यकता नहीं है पीठ ने कहा कि वह फिलहाल कोई नोटिस जारी नहीं कर रहा है लेकिन डॉक्टरों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर ध्यान रखे हए है इस बीच इंडियन मेडिकल ऐसोसिएशन ने भी अपनी याचिका में न्यायालय के हस्तक्षेप की अनुरोध अपील दाखिल की है इसमें कहा गया है कि पूरे देश में डाक्टरों को सुरक्षा प्रदान की जाए

श्री लोढ़ा वर्तमान महानिरीक्षक अनिल पालीवाल का स्थान लेंगे जो बीएसएफ में अपना डेप्युटेशन पूरा करने के बाद वापिस अपने राजस्थान कैंडर में लौट रहे है

इन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है और कुछ मामलों में अभी भी जांच चल रही है इसके मद्देनजर इन अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गयी है

पुलिस ने इनसे हत्या में काम में लिए गए कट्टा रिवाल्वर लूट की राशि और लूट में काम में ली गई मोटरसाइकिल और एक जीप भी जब्त की है

जालौर और बाड़मेर जिले में हल्की ब्रंदाबांदी के साथ तापमान में गिरावट से आमजन को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है वहीं जयपुर में भी सुबह से हो रही बारिश के कारण तापमान में और गिरावट आई है दौसा और उदयपुर में आज सुबह से ही रूक रूक कर बारिश हो रही है उदयपुर से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि बारिश के बाद शहर में मौसम काफी ठंडा हो गया है

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गायों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जावेगी

यह दिवस ऑटिज्म से ग्रस्त लोगों को समाज में महत्व और गौरव की अनुभूति कराने के लिए मनाया जाता है